श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि आतंकवाद के बढते खतरे के खिलाफ एकजुट हों केन्द्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए दस लाख टन आलू का आयात करने का किया है फैसला सरकार ने कहा आगामी त्योहारो और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की है आवश्यकता पर्यटन को बढावा देने के लिए प्रदेश में आज से खुल रहे हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का अह्वान किया है कि वे अपने आप को जनता से जोड़ें और उनके प्रति उत्तरदायी बनें आरंभ दो हजार बीस के अंतर्गत स्टेच्यू ऑफ यूनीटी स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा प्रोबेशनरों को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और नौजवान अधिकारियों को भी आम जनता से जुड़ना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में समी नौकरशाहों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन में सरकारी हस्ताक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और शासन अधिकतम होना चाहिए उन्होंने सिविल सेवा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि जनता के जीवन में कम से कम दखल अंदाजी हो और उन्हें सशक्त बनाया जाए इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब हमले में अर्द्घसैनिक बलों के चालिस से अधिक कर्मी शहीद हुए तो इन दलों ने दुख भी प्रकट नहीं किया था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

देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कहीं गई कैसे कैसे बयान दिये गये

गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई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 श्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्वि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लडाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों मजदूरों गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्मर बनाने के लिए कार्य कर रही है राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्मरता की ओर बढ रहा है उन्होंने महामारी से लडाई में योगदान के लिए कोरोना योद्वाओं की प्रशंसा भी की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 आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है आज का भारत सीमाओं पर सैंकड़ों किलोमीटर लंबी सड़के बना रहा है दर्जनों ब्रिज अनेक सुरगें लगातार बनाता चला जा रहा है अपनी संप्रमुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज आज का भारत पूरी तरह सज है प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है पूरी तरह तैयार है इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल सरदार पर्टेल की एक सौ पैंतालिसवीं जयती पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की केन्द्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए दस लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है सरकार बिना लाइसेंस के ही भूटान से तीस हजार टन आलू का आयात करेगी केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठा रही है उन्होंने बताया कि आलू पर आयात शुल्क तीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है अब अगले वर्ष जनवरी माह तक दस प्रतिशत आयात शुल्क के साथ दस लाख मीट्रिक टन आलू का आयात किया जाएगा केन्द्र सरकार ने दीपावली से पहले पच्चीस हजार टन प्याज आयात करने की भी योजना बनाई है यह नेफेड द्वारा निजी आयातकों से लिये गए सात हजार टन प्याज के अलावा होगा

उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोनावायरस से बढ़ते मामलों आगामी त्यौहारों और जाड़े के मौसम को देखते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कोरोना का संक्रमण न बढे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना सर्वितांत का कार्य तेजी से किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से चौहत्तर लाख बत्तीस हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं कुल संक्रमित लोगों में से केवल सात दशमलव एक छह प्रतिशत ही चिकित्सा निगरानी में हैं इस समय क्ल पांच लाख बयासी हजार मरीजों का इलाज चल रहा है

राज्य सरकार ने तय समय से पन्द्रह दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला लिया है राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल पन्द्रह नवम्बर को खोल दिए जाते थे लेकिन कोविड महामारी और इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क इस वर्ष मार्च में बंद कर दिए गए थे इन पार्को में प्रवेश के लिए पर्यटकों और गाइड सभी को थर्मल स्क्रीनिंग कराना होगा केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री दारासिंह चौहान जी द्वारा जिप्सियों को वर्चुअल माध्यम से फ्लैग ऑफ करके किया जाएगा

इसके अलावा पर्यटक चुका बीच बाइफरकेशन आदि का आनंद ले सकते हैं

कल जारी इस अधिसुचना में मेडिकल कॉलेजों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उन्नीस सौ निन्यानबे में निर्धारित न्यूनतम मानक आवश्यकताओं के स्थान पर यह अधिसुचना जारी की गई है इसके मानदंड वर्तमान मेडिकल कॉलेजों की नई सीटों के साथ साथ भविष्य में स्थापित किए जाने वाले सभी नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे संक्रमण काल के दौरान प्राने मेडिकल कॉलेजों को इस अधिसूचना से पहले के नियमों का ही पालन करना होगा